लोकसभा की पांच सौ तैतालीस सीटों में से पांच सौ बयालीस सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे अरुणाचल वेस्ट को छोड़कर सभी सीटों के लिए मतगणना हो चुकी है कांग्रेस पिछले चुनाव के अपने प्रदर्शन को अधिक बेहतर नहीं कर पाई पिछली बार की चौवालीस सीट के मुकाबले इस बार उसे बावन सीटें मिलीं कांग्रेस को लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटे भी नहीं पाई हैं भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार केंद्र में नई सरकार बनाने में सफल रहे है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लिया है पिछली बार की तीन सौ छत्तीस सीटों के मुकाबले इसबार उसने तीन सौ पचास सीटे जीत ली है और एक पर आगे चल रही है यूपीए ने पचास सीटे जीती है डीएमके तेईस सीटे जीतकर तीसरे स्थान पर है तृणमूल कांग्रेस और वाई एस आर कांग्रेस को बाईस बाईस सीटे मिली हैं शिवसेना ने अट्ठारह सीटों पर कब्जा किया और जनता दल यूनाइटेड को सोलह सीटों से संतोष करना पड़ा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष तापिर गाव अरुणाचल प्रर्वी संसदीय सीट जीत ली है

अरुणाचल प्रदेश में साठ सदस्यों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने तीन सीटों में निर्विरोध सहित अड़तीस सीटे जीत ली है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अपनी अपनी संबंधित सीटे फिर से जीत ली है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुक्तो विधानसभा सीट जीत ली है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थूपटेन कुनफेन को दो हजार छह सौ उन्नीस वोटों से हराया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने चौखाम विधानसभा सीट अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार खुनांम क्री को सात हजार दो सौ इक्यानवे वोटों के अंतर से हराकर चुनाव जीत ली है भाजपा उम्मीदवार दासांगलु पुल कांग्रेस उम्मीदवार लुपालुम क्री को एक हजार तीन सौ बत्तीस वोटों से हराकर हायुलियांग सीट फिर से जीत ली है एन पी पी के प्रत्याशी मुत्वू मिथी ने रोईंग विधानसभा सीट फिर से जीत ली है उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार लेइता उम्ब्रे को तीन सौ पंचानवे वोटों से हराया वहीं जे डी यू के उम्मीदवार हायेंग मंगफी तीन सौ इक्यानव वोटों से चायांग ताजों विधानसभा सीट हासिल की भाजपा के गोरुक पोरड़ुंग बामेंग विधानसभा की सीट तीन सौ तिरानवें मतों के अंतर से जीती उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री कुमार वाई को हराया अनिनि विधानसभा सीट से भाजपा के मोपी मिहू ने कांग्रेस उम्मीदवार सिंगे मिली को एक हजार एक सौ चौतीस मतों से पराजित किया जबकि भाजपा उम्मीदवार जाम्बे ताशि ने एक हजार दो सौ अटठासी वोटो से कांग्रेस के जम्पा थ्रीनले कुन्खाप को हराकर लुम्ला सीट फिर से जीत ली है कानूवाड़ी विधानसभा सीट में भाजपा उम्मीदवार गेब्रियल डेंगवांग वांगसू ने चार हजार दो सौ छत्तीस मतों से आई एन सी उम्मीदवार नोकचाई बोहम को पराजित किया भाजपा के वांगलम साविन ने एन पी पी उम्मीदवार डंगहंग फुक्सा को तीन हजार तीन सौ इक्यासी वोटों से हराकर खोंसा ईस्ट सीट जीत ली है जबकि भाजपा उम्मीदवार न्यामर कारबक सात सौ छियालीस मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एन पी पी के जारप्रम गामलिन को हराकर लिरोमोबा विधानसभा सीट जीत ली है दांब्रक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गुम तायेंग ने कांग्रेस के टोनी पर्टिन को आठ सौ तिहत्तर वोटों से हराया वहीं भाजपा के होनच्रंग डाग्डम कांग्रेस के प्रत्याशी थांगकाई खुसुमचाई को तीन हजार सात सौ अड़तीस मतों के अंतर से हराकर पोंगचाउ वक्का सीट फिर से जीत ली है भाजपा के जीतने वाले अन्य उम्मीदवार है ताना हाली तारा दोईमुख से पासांग दोरजी सोना मेचूका विधानसभा क्षेत्र से कामलुंग मोसांग मिआओ से नाकप नालों नाचों से चाउ जिग्नू नामचूम नामसाई से केंतो रिना नारी कोयू विधानसभा क्षेत्र से लाईसम सिमाई नामपोंग से वांकी लोवांग नामसांग से बालो राजा पालिन विधानसभा से न्यातो रिग्या तालिहा से और आलो लिबांग तुतिन यिंगकियोंग विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड को सात सीटें मिलीं है और कांग्रेस ने चार सीटे जीती है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को एक सीट पर विजय मिली है जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी चार सीटे जीती है वही दो निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत गये है जनता दल यूनाईटेड के उम्मीदवार तेची कासो लगातार तीसरी बार ईटानगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के किपा बाबू को तीन सौ दो मतों से पराजित किया कलकथांग से जे डी यू उम्मीदवार दोरजी वांग्डी खर्मा ने भाजपा विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष टी एन थोंगदोक को हराया वहीं मारियांग गेक्र से कांगगोंग ताकू और रुमगोंग से तालेम ताबोह ने जीत दर्ज की पासीघाट वेस्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद निनोंग ईरिंग ने भाजपा के तातुंग जामोह को पांच सौ इकहत्तर वोटों से पराजित किया वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और वांगलिंग लोवांगडोंग अपने अपने सीट से फिर से निर्वाचित हुए